उन्होंने कहा कि यह खेल नीति बहुत से सुझावों और खेल जगत से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है इसके तहत खेल परिसरों और मैदानों को विकसित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित कर उन्हें नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराई से बचाया जा सके उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे खेल की भावना को अधिक महत्व दें

इसके लिए खेतों में रसायनों का कम इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है मारकंडा आज ऊना में मृदा परीक्षण वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे यह परीक्षण वैन जिले में किसानों के खेतों में जाकर मिट्टी की निशुल्क जांच करेगी और मौके पर ही रिपोर्ट देगी मारकंडा में बाद में ऊना के ही रामपुर में प्रस्तावित सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण भी किया सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का विशेष महत्व है खेलों से जहां व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है वहीं बच्चों में अनुशासन सहयोग और नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है सरवीण चौधरी आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिहोलपुरी में तीन दिवसीय रैत खंड खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रही थी सरवीण चौधरी ने इस मौके पर प्रतियोगिता विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से जहां महिलाओं को ईंधन की लकड़ी इकट्ठी करने और चुल्हे के ध्एं से छटकारा मिला है वहीं वन कटान पर भी रोक लगी

किशन कप्र आज धर्मशाला में गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में होने वाले दो उपचुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि एचएस लक्की को पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए जबकि योगेश साहनी को धर्मशाला उपचुनाव के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है यह नियुक्तियां पार्टी के प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने की हैं राठौर ने कहा कि दोनों पर्यवेक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए कहा गया है डीसी बिलासपुर बिलासपूर के उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने विभागीय अधिकारियों और बैंकरों से कहा है कि वे लोगों को लाभान्वित करने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पारस्परिक सहभागिता निभाएं राजेश्वर गोयल आज बिलासपुर में जिला स्तरीय सलाहकार व समन्वयक समिति और समीक्षा समिति की बैठक कर रहे थे

उपायुक्त ने बाद में पॉलीथीन कचरा उन्मूलन अभियान को लेकर भी एक बैठक को संबोधित किया और लोगों को इस अभियान में शामिल होकर अपना सहयोग देने की अपील की रोड ब्लॉक राजधानी शिमला के उपनगर ढली के पास आज तड़के सेब से लदे एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने और एक ट्राले के भी सड़क पर पलट जाने के कारण लगभग साढ़े पांच घंटे शिमला क्फरी और शिमला मशोबरा सड़क पर यातायात ठप्प रहा एसपी शिमला ओपी जम्वाल के मुताबिक यह घटना सुबह साढ़े चार बजे हुई उन्होंने बताया कि दुर्घटनाप्रस्त दोनों वाहनों को भारी मशक्कत के बाद क्रेनो की मदद से सड़क से हटाया जा सका इस कारण आज मशोबरा और कुफरी की ओर से शिमला आने तथा जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा